उन्होंने बताया कि सरपंचों के चुनाव इलेक्ट्रोनिक वॉटिंग मशीन से होंगे जबकि पंचों के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे

उन्होंने कहा कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनावों के बारे में भी अमी कोई निर्णय नहीं किया गया है

उन्होंने बताया कि चुनाव कार्यकम की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गयी है और संबंधित स्थानों पर नये काम शुरू नहीं किये जा सकेंगे पहले से चल रहे काम जारी रहेंगे और इस दौरान राज्य कर्मचारियों के तबादलों पर भी रोक रहेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश की सरकार जन कल्याणकारी कार्यों में कोई कसर नहीं रखेगी कल निंबाहेड़ा में एक कार्यक्रम में श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी नवाचार कर रही है निरोगी राजस्थान योजना का जिक करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही महिलाओं और बुजुर्गों के इलाज के लिए विशेष योजना चलाई जाएगी गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कांग्रेस ने इस कानून को लेकर लोगों में भ्रांति पैदा कर दी है वहीं थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने इस कानून को लेकर प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की आलोचना की है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम छ च ब प ने कहा है कि ग्राहक अब भीम ह प से जुडे मोबाइल एप के जरिये भी फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं

एन पी सी आई ने कहा है कि भीम यूपीआई के माध्यम से रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध हो जाने से वाहन मालिक सफर के दौरान भी फास्टैग रिचार्ज कर सकेंगे जिसर्से टोल प्लाजा पर लंबी लाइन की परेशानियों से निजात मिलेगी कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने कल जैसलमेर के जिला कलेक्टर से जिले में टिड़डी नियंत्रण र्क लिए प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे बचाव कार्यो के बारे में जानकारी ली उन्होंने जिला कलेक्टर को संबंधित विमागों में आपसी समन्वय के साथ टिइडी नियंत्रण के कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह ने बीकानेर में नया सांईस सेन्टर खोलने की मंजूरी दे दी है केन्द्रीय मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने ये जानकारी देते हुए क्षेत्र के लोगो को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि सांइस सेन्टर के माध्यम से विद्यार्थियो में वैज्ञानिक सोच विकसित होगी

जोधपुर में आज आयोजित होने वाले इस विदाई समारोह की अध्यक्षता वायुसेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान के प्रमुख एयर मार्शल एस के घोटिया कर रहे है

यह राष्ट्रीय पुरस्कार हर साल व्यक्तियों समूहों और संस्थानों को उनके महिला सशक्तीकरण विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर पड़ी महिलाओं के लिए असाधारण कायाँ की पहचान के लिए दिया जाता है

प्रधानमंत्री ने इस कार्यकम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है